मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रवासी व असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या काफी अधिक है और राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हए गरीब मजदरों की सहायता में कमी अनुभव की जा रही है जयराम ठाकूर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक व अन्य सभी क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन और आधारभूत सेवाएं प्रदान की हैं

केन्द्रीय सड़क परिवेहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों लोक निर्माण और परिवहन मंत्रियों से बातचीत की इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से ये मांग रखी जयराम ठाकर ने प्रदेश में भारतीय राश्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय को सुदृढ करने की ज़रूरत पर बल दिया ताकि विभिन्न परियोजनाओं में तेज़ी लाई जा सके मारकंडा कृशि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कृशि और किसानों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में कृशि उत्पादों के सुवारू विपणन के लिए व्यवस्था बनाई गई है ताकि किसानों को दिक्कत न हो मारकंडा ने कहा कि यदि इसके बावजूद किसानों को कोई समस्या पेश आती है तो वे सीधे उनके मोबाईल नंबर सात भाून्य एक आठ चार छः छः आठ दो एक पर संपर्क कर सकते हैं कृषि मंत्री ने किसानों बागवानों से किसान रथ ऐप को डाउनलोड करने का आग्रह भी किया सम्मान कोरोना संकमण के दौरान शिमला शहर की साफ सफाई में योगदान के लिए स्वच्छता स्वयं सेवकों को शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शिमला में एक समारोह में सम्मानित किया

नाहन में एक बैठक में उन्होंने कहा कि जिला आयुर्वेद अस्पताल भवन की एक मंज़िल की कोविड लैब और शेश मंज़िलों को कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है रोहतांग दर्रा जनजातीय जिला लाहौल स्पिति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा कल देर शाम छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है सीमा सड़क संगठन ने फरवरी माह में दर्रे से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया था

उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में दर्रे पर बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है

ये सभी छात्र रविवार को अपने अभिभावकों के साथ ऊना पहुंचे थे इस बीच उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों में फंसे जिले के लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने मोबाईल नंबर बढ़ा दिए हैं इस कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है

उन्होंने कहा कि ज़िले में प्रवेश करने वाले सभी लोगों से आरोग्य सेतू ऐप डाउनलोड करना सुनिशिचत बनाया जा रहा है उधर मंडी ज़िले की सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों की प्रशासन द्वारा वेब बेस्ड बॉर्डर निगरानी प्रणाली से निगरानी की जा रही है अतिरिक्त उपायुक्त आ गुतोश गर्ग ने बताया कि मंडी ज़िला अभी कोरोना संकमण से पूरी तरह मुक्त है और सुरक्षा चक को मजबूत बनाने के लिए ही ये प्रणाली विकसित की गई है

चंबा के नायब तहसीलदार संदीप कुमार ने बताया कि इन रोगियों को चंबा मैडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा मरीजों के साथ आए तीमारदारों के रहने की व्यवस्था भी की गई है